उन्होंने कहा कि इससे मेहनती पशुपालकों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ निवेश और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे खासतौर पर डेयरियों को प्रोत्साहन मिलेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में अपने अनेक ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा है कि सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को जीवंत बनाने के लिए वचनबद्ध है उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्र धानमंत्री मु द्वा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण खातों में ब्याज माफी की योजना को मंजूरी दी है जिससे छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी और उनके कारोबार में स्थिरता आएगी इस योजना के तहत उन खातों के लिए ऋण दिया जाएगा जिन पर रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार इस वर्ष इकतीस मार्च तक और योजना के लागू रहने के दौरान कोई ऋण बकाया नहीं है

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनमें कांकेर से चौदह रायपुर से तीन राजनांदगांव और बलौदाबाजार से दो दो और दुर्ग से एक मरीज शामिल है इन सभी मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है राज्य में अब कोरोना सं क्र मित मरीजों की संख्या चौबीस सौ को पार कर गई है जबकि स िक्र य मरीजों की संख्या आठ सौ अड़सठ हो गई है वहीं कल देर रात कांकेर जिले में सत्रह मरीजों की पुष्टि हुई थी जिनमें पंद्रह सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान थे सीएचएमओ डॉक्टर उइके ने बताया कि जवानों में पांच अंतागढ़ और दस बांदे कैम्प से हैं सभी जवान अपने अपने घरों से छुट्टी मनाकर वापस कैम्प में लौटे हैं सभी जवानों को पहले से ही क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था इधर राजनांदगांव में आज मिले कोरोना सं क्र मित मरीजों में पिता और पुत्र शामिल हैं दोनों महाराष्ट्र से लौटने के बाद पेड क्वारेंटाइन में थे वहीं कल देर शाम जारी रिपोर्ट में शहर के निजी अस्पतालों के दो डॉक्टरों में भी कोरोना संक्र म ण की पुष्टि हुई है इस बीच जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि राजनांदगांव जिले में बनाए गए कंटेन्मेंट जोन के हर रास्तों पर पुलिस आने जाने वाले लोगों की रजिस्टर में नाम और पता दर्ज करेगी स्वास्थ्य संचालक नीरज बंसोड़ ने इस संबंध में जिला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की बैठक भी ली जिसमें कोरोना सं क्र मण के बचाव के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की उधर दुर्ग जिले में कल देर रात से आज दोपहर तक नौ नये मरीज मिले हैं इनमें तीन बीएसएफ के जवान भी शामिल हैं

महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज डिमरापाल जगदलपुर में भर्ती कराया गया है यह महिला हैदराबाद के कोकापेट से दरभा होते हुए बकावंड पहुंची थी उधर रायगढ़ शहर में एक स्थानीय व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आई है शिक्षा विभाग में पदस्थ यह व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से बीमार था जिले में अब तक जो भी मरीज मिले थे वे सभी प्रवासी मजदूर थे और क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे थे यह पहला मरीज है जो स्थानीय निवासी है इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने बीते चार जून को विस्तारा के विमान से दिल्ली से रायपुर आए यात्रियों से क्वारेंटाइन में रहने की अपील की है इस विमान में यात्रा करने वाला एक यात्री कोरोना सं क्र मित पाया गया है स्वास्थ्य विभाग ने सभी यात्रियों से हेल्पलाइन नंबर एक शुन्य चार पर फोन कर अपने बारे में जानकारियां दर्ज कराने को कहा है कोरोना बैठक समीक्षा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने आज राजनांदगांव जिले में कोरोना वायरस के तेजी से बढते संक्र मण से बचाव के उपायों के मद्देनजर आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली इस मौके पर डॉक्टर शुक्ला ने जिले की सीमा से लगे मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर में कोरोना सं क्र मण के प्रसार को रोकने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए डॉक्टर शुक्ला ने जिले में चलाए जा रहे ऑनलाइन कम्युनिटी सर्वे कार्य क्र म कोरोना दर्पण अभियान की तारीफ की और कहा कि यह प्रदेश में अपने तरह का किसी भी जिले में चलाया जा रहा पहला अभियान है इससे कोरोना संक्र मण के लक्षण वाले लोगों की जानकारी आसानी से इकट्ठा करने में मदद मिलेगी कोरोना वॉरियर्स प्रचार केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना वॉरियर्स और सं क्र मित मरीजों के प्रति नजरिये में बदलाव लाने के लिए बदलकर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार अभियान चलाया जा रहा है राज्य में भी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने मैदानी अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को इस अभियान के तहत जारी वीडियो का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है इसमें कहा गया है कि अभियान के तहत बनाए गए वीडियो का जिला विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल मीडिया के जरिये प्रचार किया जाए इस वीडियो में कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के प्रति अपनत्न की भावना लाने तथा इससे बचाव के लिए सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आजीविका की ओर अग्रसर होने की अपील की गई है हज अपील छत्तीसगढ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आग्रह किया है कि इस साल हज के लिए चयनित सभी हज यात्रियों को अगले साल के लिए बिना कुर्राह में शामिल किए प्राथमिकता दी जाए ताकि वे अपना फरीज ए हज मुकम्मल कर सकें उन्होंने यह भी कहा है कि इस वर्ष चयनित लोगों को अगले साल हज के लिए आवेदन करने की प्रश्क्रिया का निर्धारण नहीं किया जाए श्रम मित्र मनोनयन श्रम और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने निर्माण श्रमिकों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए मंत्रियों और विधायकों को पत्र लिखकर श्रम मित्र मनोनयन के लिए अनुशंसा करने को कहा है श्रम मित्र का मनोनयन श्रम मित्र योजना के तहत किया जाएगा पत्र में कहा गया है कि योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से श्रम मित्र योजना का संचालन किया जा रहा है पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से ही श्रम मित्र का मनोनयन किया जाएगा प्रत्येक नगर निगम में बारह वार्डों का यूनिट नगर पालिक परिषद नगर पंचायत जनपद पंचायत को एक यूनिट मानकर प्रत्येक यूनिट में पांच पांच श्रम मित्र का मनोनयन किया जाएगा इसमें दो महिला श्रम मित्रों का मनोनयन अनिवार्य होगा

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र ग्राम सकरी में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र जनता को समर्पित किया जा रहा है इस संयंत्र में पांच सौ टन कचरे का प्रतिदिन निपटान होगा संयंत्र के लोकार्पण के साथ ही छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां किसी शहर में उत्सर्जित कचरे का शत प्रतिशत निपटान वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा श्री बघेल ने कहा कि रायपुर और बिलासपुर शहरों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से और शेष नगरीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी तथा स्वच्छता दीदीयों के माध्यम से प्रतिदिन सोलह सौ टन कचरे का निपटान किया जाता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूर्ण करते हुए सभी शहरों में कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए प्रतिबद्ध है गौरतलब है कि इस पूरी परियोजना की लागत एक सौ संतानवे करोड़ रूपये है यह संयंत्र पीपीपी मॉडल पर काम करेगा इस संयंत्र में कचरे से खाद बनेगी तथा सीमेंट कारखानों के लिए सहायक ईंधन भी मिलेगा इसके अलावा संयंत्र में छह मेगावाट बिजली उत्पादन भी प्रस्तावित है पंद्रह साल की इस परियोजना पर नगर निगम रायपुर और दिल्ली की एक कंपनी मिलकर काम कर रही है परियोजना में हर घर और दुकान से डोर टू डोर कचरे का संग्रहण परिवहन प्रोसेसिंग और डिस्पोजल की व्यवस्था की गई है वन नेशन वन राशनकार्ड एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना को छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं यह योजना शुरू होने से राशन कार्डधारी हितग्राही अपनी पसंद की उचित मूल्य की दुकानों से राशन सामग्री प्राप्त कर सकेंगे वहीं अगर राज्य के राशन कार्डधारी हितग्राही देश के किसी अन्य राज्य में जाएंगे तो उन्हें वहीं के उचित मूल्य की दुकानों से भी अनाज मिल सकेगा केन्द्र सरकार द्वारा तैयार इस योजना के तहत राशनकार्ड के सभी सदस्यों का आधार सीडिंग किया जाएगा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन सामग्री वितरण और पोर्टेबिलिटी का उपयोग किया जा सकेगा इस बीच खाद्य विभाग के आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को राशन कार्डधारी हितग्राही परिवारों के आधार नंबर को जोड़ने की कार्रवाई तीस जुलाई तक अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं रानी दुर्गावती बलिदान दिवस राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि जिस प्रकार वीरांगना रानी दुर्गावती ने शत्रुओं को साहस से सामना किया उसी प्रकार कोरोना सं क्र मण जैसी आपदा से निजात पाने के लिए धैर्य और कार्य में गति लाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब हम सब इस महामारी से सफलतापूर्वक निजात पा सकेंगे

इस सम्मेलन का विषय जनजातीय प्रवासी मजदूरों पर कोविड नाइंटीन का प्रभाव आजीविका के विभिन्न माध्यम और सामाजिक राजनीतिक संगठनों की भुमिका रखा गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर रायपुर स्थित अपने कार्यालय में रानी दुर्गावती के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उनके अदम्य साहस शौर्य और बलिदान को नमन किया

हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के पथरिया ब्लॉक की मर्राकोना पंचायत में चार लोग सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे थे इसी दौरान जहरीली गैस का रिसाव होने से चारों की मौत हो गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस के रिसाव से चार लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है उधर कोरिया जिले के चिरमिरी कुरासिया भूमिगत खदान में बीती रात बारूद के ब्लास्ट होने से ड्रि लर ऑपरेटर की मौत हो गई सड़क दुर्घटना बस्तर जिले में कल रात हुई एक सड़क दुर्घटना में युवा कांग्रेस के एक पदाधिकारी की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक परपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गीदम मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई इस हादसे में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी तोंगपाल निवासी सन्नी चौहान की मौके पर ही मौत हो गई वहीं कार में सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में भर्ती कराया गया है गृह मंत्री जेल निरीक्षण गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर में गृह जेल नगर सेना सैनिक कल्याण के कामकाज की समीक्षा की उन्होंने पुलिस महानिदेशक जेल को प्रदेश के सभी जेलों का निरीक्षण कर बैरकों में साफ सफाई कैदियों की क्षमता स्वास्थ्य परीक्षण सीसीटीवी कैमरा पेयजल किचन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए उन्होंने जेलों में व्यावसायिक गतिविधियां कपड़ा बुनाई फर्नीचर सोफा ग्रिटिंग प्रिटिंग और अन्य साजों सामान बनाने के कार्यों को बढ़ावा देने को कहा ताकि कैदियों का कौशल विकास हो सके गृह मंत्री ने सजा पूरी कर चुके कैदिया की रिहाई तथा जेल विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा भर्ती कराए जाने के संबंध में कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए अवैध रेत परिवहन कार्रवाई बलौदाबाजार भाटापारा जिले में अवैध रेत परिवहन पर रोक लगाने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के दौरान तीन हाईवा और सत्रह द्रै क्टर सहित बीस वाहनों को जब्त किया गया है इन वाहनों को खनिज विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत भी कार्रवाई की गई है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रेत का अवैध परिवहन करने वाले के विरूद्व आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी उन्होंने बताया कि पिछले महीने भी अवैध रेत परिवहन करने वाले इकतीस वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान बस्तर संभाग को छोड़कर अन्य जिलों के कुछ स्थानों से हल्की बारिश होने की संभावना है यह स्थिति आगामी दो तीन दिनों तक बनी रह सकती है

रेलवे ने एक बयान में कहा है कि ऐसे सभी टिकट रद्द कर दिये जायेंगे और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पूरी धनराशि वापस की जायेगी राजनांदगांव जिले में गातापार थाना अंतर्गत ग्राम भावे में माओवादियों ने बीती रात एक ग्रामीण की हत्या कर दी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एन बघेल ने इसकी पुष्टि की है महासमुंद पुलिस ने दो अलग अलग थाना क्षेत्र में गांजा की तस्करी करने वाले चार लोगों को गिर फ्तार किया है इनके पास से ग्यारह लाख रूपये का दो क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया गया है